वित्त मंत्री कल मुम्बई में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटे को कम करने के लिए बडी मात्रा में धनराशि जारी की गई है और अन्य आवश्यकताओं के लिए भी सरकार विचार विमर्श कर रही है उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में किसी प्रकार की रूकावट आने की आशंका नही है बाड़मेर ग्रामीण थाने में हिरासत के दौरान दलित युवक की मौत के मामले में कल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ शून्यकाल में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेन्द्र राठौड़ ने इस मुददे को उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाने पीडित परिवार को एक करोड रूपये का मुआवजा देने तथा एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चन्द कटारिया ने भी हिरासत के दौरान होने वाली मौतों में पीड़ित परिवारों को सहायता देने संबंधी नियम बनाने की मांग उठाई उन्होंने कहा कि इससे पहले भी ऐसे मामलों में किसी पुलिस अधिकारी को सजा नहीं हुई इसलिए इसकी जांच किसी अन्य एजेंसी से करायी जाए विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने भी इस मुददे पर दखल देते हुए हिरासत में मौतों के मामले में पीड़ित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए नियमों में बदलाव का आग्रह किया चर्चा के दौरान भाजपा सदस्यों ने बोलने का मौका नहीं देने के मुददे पर सदन में जमकर हंगामा किया

इधर बाडमेर से हमारे संवाददाता ने ताजा हालात बताते हुए कहा कि हिरासत में युवक की मौत के मामले में परिजनों ने आज द्रसरे दिन भी अभी तक शव नहीं उठाया है

इस मामले में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कल जोधपुर में कहा कि दलितों पर हो रहे शोषण के खिलाफ सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सिर्फ एक तबादला या एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा सरकार को एक राजनीतिक संदेश देने की जरूरत है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को भी पूरी रिपोर्ट सौंपी है

कल विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि इस दुर्घटना की जांच कोटा के संभागीय आयुक्त करेंगे और सात दिन में सरकार को रिपोर्ट देंगे उन्होंने बताया कि पीडि़त परिवार के सभी पढने वाले बच्चों को पालनहार छात्रवृति का लाभ तथा कॉलेज तक की पढाई तथा छात्रावास की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करायी जायेगी साथ ही पीडितों के परिजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ भी दिया जायेगा आश्रित परिवारों को खादय सुरक्षा योजना का लाभ तथा बालिकाओं के विवाह के लिये अनुदान भी दिया जायेगा कोटा से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा का दौरा कर दुर्घटना में मारे गये लोगों के परिजनों से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी

उन्होंने शहीद के पैतृक गांव में तिहावली पहुंचकर शहीद के परिजनों से मुलाकात की अलवर के लक्ष्मणगढ में कल रात दो मोटरसाईकिलों की आमने सामने की टक्कर में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया घायल को लक्ष्मणगढ के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल का रेवाडी मदार रेल खण्ड पूर्ण रूप से दोहरीकृत हो गया है इस कार्य के पूर्ण होने से यात्री गाडियों के समय पालन और फैरों में बढोतरी होगी इससे बांदीकुई बसवा और राजगढ स्टेशनों पर तथा राजगढ धीगावरा रेलखण्ड पर डबल लाईन पर ट्रेने संचालित की जा सकेगी